स्लग सीएम अधिकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि समीक्षा बैठक में जो अधिकारी पूरी तैयारी और होमवर्क के साथ नहीं आयेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को तैयारियों के साथ जाना चाहिए ताकि बैठकों का सार्थक नतीजा निकल सके उन्होंने कहा कि जल्द ही वे अब तक की गई घोषणाओं पर किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करेंगे जिसमें इस बात की जानकारी ली जाएगी कि कितने फैसलों को धरातल पर उतारा गया है उन्होंने अधिकारियों को समीक्षा बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिये हैं समीक्षा बैठक के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के माध्यम से स्थापित होने वाले इस सेंटर में हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों से प्राकृतिक रेशा तैंयार किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस सेंटर द्वारा हिमालयी क्षेत्रों की वनस्पतियों पर रिसर्च की जायेगी जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा श्री भदौरिया ने कहा कि सेंटर को बनाने का कार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा स्लग हेलीकॉप्टर ट्रायल उत्तरकाशी में जोशियाड़ा बैराज गेट के पास हेलीकॉप्टर ट्रायल को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड नागरिक उड़डयन प्राधिकरण युकाड़ा की ओर से हेलीकॉप्टर लेंडिंग का सफल ट्रायल किया गया है साथ ही इसका सबसे बड़ा लाभ आपातकालीन सेवा के साथ पर्यटन के क्षेत्र में मिलेगा उन्होंने कहा कि युकाडा की रिपोर्ट आने के बाद हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर जो भी खामियां सामने आएंगी उन्हें भी शीघ्र पूरा किया जाएगा स्लग राष्ट्रीय पोषण मिशन बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक ली इस दौरान उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए यह योजना शुरू की गई है जिलाधिकारी ने बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों को कुपोशण से मुक्त करने के लिए सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समय पर टीकाकरण किया जाय साथ ही एक बुकलैट तैयार कर प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध कराया जाय ताकि सभी को इस योजना की जानकारी मिल सके जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर इसकी कार्य योजना तैयार कर लोगों को टीकाकरण के संबंध में जागरुक भी किया जाय साथ ही उन्होंने कहा कि हर महीने में बाटा जाने वाला पोषाहार समय पर दिया जाय ताकि बच्चों को कुपोषण से निजात मिल सके

अंग्रेजों के जमाने की बनी इस सुरंग के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है और इस पर चार करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे दरअसल नई डबल लेन सुरंग बनने के बाद पुरानी सुरंग का कम इस्तेमाल होने से यह जर्जर होती जा रही है इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड देहरादून ने चार करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है

साथ ही उन्होंने विभाग के अधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं श्री धिल्डियाल ने कहा कि पहले चरण में चयनित पांच विद्यालयों की छत के निर्माण के बाद दूसरे चरण में अन्य विद्यालयों को लिया जाएगा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के हर गांव में होने वाले संस्थागत और घरेलू प्रसव का ब्योरा तैयार किया जाता है अप्रैल से जून के बीच जिले के विभिन्न गांवों में हुए प्रसव की रिपोर्ट सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारी भी हैरत में पड़ गए सरकारी आंकड़ों में इस स्थिति का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि इन गांवों को रेड जोन में शामिल किया गया है साथ ही इन क्षेत्रों की आशा कार्यकर्ताओं से भी इसका कारण पूछा गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेइया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनक निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने राजधानी दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि शीला दीक्षित जी एक मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थी उन्होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने शीला दीक्षित जी को पार्टी की एक प्यारी बेटी बताते हुए उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शोक व्यक्त किया है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शीला दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया है

स्लग वाहन चेकिंग अभियान उत्तरकाशी में जिलाधिकारी आशीष चौहान एआरटीओ और पुलिस अधिकारियों द्वारा कांवड़ यात्रा मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया

उन्होनें तीन वाहनों के लाउडस्पीकर चुंगी बड़ेथी मार्ग पर उतारे और बिना हेलमेट के दुपाहिया वाहन चलाने वाले चालकों के चालान किए जिलाधिकारी ने परिवहन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा पर आये कांवड़ियों के वाहनों की सघन चेकिंग के साथ स्थानीय वाहनों की चेकिंग भी समय समय पर की जाय ताकि वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके

इस मौके पर लोगों ने सफाई पेयजल शिक्षा अतिक्रमण आर्थिक सहायता अवैध निर्माण आदि समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा

उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत एडमिशन न देने वाले विद्यालयों को बन्द किया जाएगा

इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि आजीविका परियोजना के तहत जिले में बेहतर काम किया जा रहा है इससे जुड़कर लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के तहत बनने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाय जिले में पौष्टिकता वाली फसलों का उत्पादन होता है जिसे देखते हुए ऑर्गनिक मल्टीग्रेन आटा तैयार करना चाहिए